पांच लापता की तलाश जारी

कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी में एक नाव के पलट जाने से उस पर सवार तीन बच्चों की मौत हो गयी पांच अन्य लापता लोगों की तलाश की जा रही है पुलिस ने बताया कि नाव पर एक दर्जन लोग सवार थे जिनमें पांच लोग तैरकर बाहर निकल गये नाव पर सवार सभी लोग बगरस गांव के रहने वाले थे बिहार की छह राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गयी है अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो गया है बारह मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा नामांकन पत्रों की जांच तेरह मार्च को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि पन्द्रह मार्च है यदि जरूरी हुआ तो इन सभी सीटों के लिए मतदान तेईस मार्च को कराया जायेगा और मतों की गिनती भी इसी दिन होगी जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद और धर्मेन्द्र प्रधान जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह अली अनवर अनिल साहनी और महेन्द्र प्रसाद शामिल हैं लालू प्रसाद की पुत्री सांसद मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को मनी लांड्रिंग के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दो दो लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है आठ हजार करोड़ रूपये के मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र के बाद आज दोनों पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हये निदेशालय इस मामले में मीसा भारती समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक जांच कर रहा है मीसा भारती की दिल्ली स्थित कई अचल संपत्तियों को जांच एजेंसी पहले ही कुर्क कर चुकी है चारा घोटाले के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत इकतीस आरोपियों पर रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत पन्द्रह मार्च को फैसला सुनायेगी यह मामला द्मका कोषागार से तेरह करोड़ तेरह लाख रूपये की अवैध निकासी का है आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत मामले के अन्य आरोपी बिरसा मुंडा कारागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हये सीबीआई की ओर से अंतिम बहस पूरी होते ही अदालत ने फैसले की तारीख तय कर दी मामले में पूर्व सांसद आरके राणा और जगदीश शर्मा भी आरोपी हैं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में परीक्षार्थियों के साथ प्ररा न्याय होगा आज संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने परीक्षार्थियों से सीबीआई जाँच के परिणाम का इंतजार करने का अनुरोध किया श्री सिंह ने कहा कि सीबीआई जाँच के आदेश के बाद छात्रों की माँग पूरी हो गयी है इधर एसएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुये उच्चतम न्यायालय ने बारह मार्च को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है वहीं आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में छात्रों ने एसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य सरकार की नई नीति के तहत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से सम्बद्ध और अति प्राचीन सार्वजनिक मंदिरों की घेराबंदी कराई जायेगी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए विधायकों की अनुशंसा पर भी विचार किया जायेगा

इसमें से पांच हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य पूरा हो चुका है विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह के खिलाफ पार्टी के दो विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है विधायक संजय कुमार तिवारी और सुदर्शन कुमार ने श्री सिंह पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लगातार उनलोगों की उपेक्षा कर रहे हैं दोनों ने आरोप लगाया कि भभुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन के समय उन लोगों से कोई सलाह नहीं ली गयी दोनों नेताओं ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद वे इस संबंध में आलाकमान से मुलाकात करेंगे संजय कुमार तिवारी और सुदर्शन कुमार अशोक चौधरी के समर्थक बताये जाते हैं अशोक चौधरी के जदयू में शामिल होने के बाद मदन मोहन झा को विधान परिषद में पार्टी का नेता चुना गया है विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद ने सदन में यह जानकारी दी केन्द्र सरकार ने देश के समाचार पत्र उद्योग में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार किया है सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि देश में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण का काम भारतीय प्रेस परिषद के जिम्मे है यही अखबारों और समाचार एजेंसियों के मानकों को कायम रखने और उनमें सुधार का काम भी करती है प्रेस परिषद ने मीडिया द्वारा अपनाये जाने वाले पत्रकारिता के आचरण के मानक भी तय किये हैं श्री राठौड़ ने कहा कि इन मानकों में समाचार रिपोर्टिंग के दिशा निर्देशों सहित पत्रकारिता के सिद्धांत और नैतिकता शामिल हैं मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले चौबीस घंटे तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट आयेगी कई जगह बादल छाये रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है इस दौरान छब्बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की सम्भावना जताई गयी है राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान उनतीस डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सत्रह डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि राज्य सरकार उन विभागों से बैंकों में जमा राशि वापस मंगा रही है जो इस महीने की इकतीस तारीख तक खर्च नहीं कर पायेंगे विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री मोदी ने कहा कि सत्ताईस फरवरी तक ऐसे विभागों से तीन हजार सात सौ तीन करोड़ रूपये लेकर राज्य की समेकित निधि में जमा किये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि जो विभाग इकतीस मार्च तक सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके कोषागारों द्वारा खर्च पर रोक लगा दी जायेगी गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने कहा कि सरकार बंद पडे हुए चीनी मिलों को शुरु करने के लिए प्रयास कर रही है आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री अहमद ने कहा कि सरकार के प्रयास से लौरिया और सुगौली के चीन मिल चालू हुए हैं जबकि मोतीपुर और रैयाम मिल जल्द चालू होने वाले हैं

राज्य सरकार ने आज कहा कि बिहार आवास बोर्ड द्वारा पटना के दीघा क्षेत्र में अधिग्रहित एक हजार चौबीस एकड़ जमीन के मुआवजे के लिए जिला प्रशासन को सत्रह करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध करा दी गयी है जदयू के श्याम रजक के प्रश्न के जवाब में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने विधानसभा में कहा कि जमीन देने वाले किसान अपना मुआवजा प्राप्त कर रहे हैं भागलपूर जिले में वाहनों से अवैध वसूली करने के आरोप में आज परबत्ता थाना के सहायक अवर निरीक्षक और होमगार्ड के तीन जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया नवगछिया के पुलिस उपाधीक्षक मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मी विक्रमशिला पुल के पास पिछले दिनों वाहनों से अवैध रूप से पैसे की वसूली करते हुये रंगेहाथ पकड़ा गया था पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों दो युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुतुब छपरा गांव में आज दिनदहाड़े अपराधियों ने एकयुवक की गोली मार कर हत्या कर दी कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र में रोजिदप्र गांव के पास पूलिस ने आज कुख्यात अपराधी छोटू पोद्दार को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के मलपा गांव से पूलिस ने एक सौ अस्सी पाउच देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

पांच लापता की तलाश जारी

कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश